प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अधिकारों के बजाय कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस दिखाया है

ऐसे देखो ये भी करता है इतना अवॉर्ड लेकर आया है फिर भी इतनी मेहनत करता है इतना मान सम्माहन ले करके आया लेकिन देखिए ये काम कर रहा है तो क्या होगा बहुतों को प्रेरणा मिलेगी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के कार्यों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चे समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक हैं उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों से प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को सराहनाओं और उपलब्धियों से संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि देश के प्रति आगे भी योगदान करने के बारे में सोचना चाहिए बाइट अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं है ऐसा ही मान के जाइये ठीक है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है देश को बहुत कुछ देना है खुद को हर प्रकार से तैयार करना है ये अगर जज्बार ले करके जाते हैं तो आप देखिए आपको इस अवसर का बहुत बड़ा आनंद मिलेगा उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए विशिष्ट कार्य करने वाले संस्थानों के प्रयासों को महत्व देना है बाल शक्ति प्रस्कार नवाचार सामाजिक सेवा शिक्षा खेल बहादुरी तथा कला और संस्कृति के क्षेत्रों में दिया जाता है पुरस्कार के तहत पदक प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र और एक लाख रूपये की पुरस्कार राशि दी जाती है उत्तर प्रदेश आज अपना सत्तरवां स्थापना दिवस मना रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है यूपी स्थापना दिवस मनाने का निर्णय राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार स्थापित होने के बाद लिया गया था इस अवसर पर लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अतीत से विस्मृत होकर कोई भी समाज और राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता अतीत की गौरवशाली परम्पराएं जहां हमें आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करती है वहीं पिछले अनुभवों के आधार पर हम राष्ट्र के निर्माण के लिये योजनाएं बनाते हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों में निराश्रित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की

राज्य के विभिन्न जनपदों में भी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लोगों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इससे पहले सामान्यता यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था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

आज देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है

इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के समक्ष असमानता की चुनौती के बारे में लोगों को जागरूक करना है इस अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने बालिकाओं की समृद्धि के लिये विभिन्न योजनाएं शुरू की है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में श्री योगी ने बताया विगत वर्ष यद्यपि हमने बालिकाओं के लिये भी एक योजना चालू की है और योजना थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिका के जन्म लेने के साथ ही नाम रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही हम उसके नाम पर दो हजार रूपये बालिका के नाम पर जमा कर देंगे बालिका एक वर्ष की होगी हर प्रकार के टीकों से अच्छादित होने के बाद सार्टीफिकेट जैसे ही मिलेगा फिर उसके नाम पर धनराशि प्रदेश सरकार जमा करेगी

बिजनौर जनपद में जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय द्वारा एक कार्यक्रम में बच्चियों को उनके संरक्षण और संवर्द्वन के लिये विभिन्न सामग्री वितरित की गई

बरेली में जिलाधिकारी ने अस्पताल जाकर नवजात बच्चियों के अभिभावकों से उन्हें शिक्षित करने का आहवान किया साथ ही उन्हें विभिन्न सामग्री प्रदान की मौनी अमावस्या के अवसर पर आज प्रदेश भर में श्रद्वाल्ओं ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर दान पुण्य और पूजा अर्चना की इस अवसर पर नदियों किनारे सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं स्नान ध्यान का क्रम कई स्थानों पर अभी भी जारी है प्रयागराज स्थित संगम में माघ मेले के तीसरे बड़े स्नान पर बड़े सबेरे से ही लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है यहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पीएसी आरएएफ और ड्रोन कैमरों को निगरानी के लिये लगाया गया है साथ ही सुगमता के लिये यातायात मार्गो में परिवर्तन किया गया है आस्था की डुबकी लगाने वालों में सिर्फ भारतीय ही नहीं तमाम विदेशियों को भी आध्यात्म का आनन्द लेते देखा गया यहां श्रद्धालुआ कल्पवासियों और साधु संतो के ऊपर हेलीकॉप्टर से पूष्प वर्षा की गई राष्ट्रीय दुष्टिबाधित संघ ने दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू रहने के उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का स्वागत किया है संघ के महासचिव एस के रूंग्टा ने आज नई दिल्ली में कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए यह ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति म की नीति तुरन्त लागू करने का आग्रह किया

इसका शुभारम्भ बिजनौर जनपद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जायेगा आज जनपद में सूचना और जनसम्पर्क विभाग लखनऊ द्वारा प्राप्त तीन एलईडी वैन को गंगा यात्रा के प्रचार प्रसार के लिये हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तटीय गांव के लोगों को गंगा की निर्मलता और अविरलता के बारे में जागरूक करना है कन्नौज जनपद में जिला प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है यहां गंगा यात्रा तीस जनवरी को पहुंचेगी इस दौरान गांवों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिनमें प्रभारी मंत्री सांसद और विधायकगण भी भाग लेंगे कार्यक्रमों के दौरान आयोजित चौपाल में इज्जतघरों का निर्माण और रख रखाव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अपशिष्ट जल प्रबंधन हैंड पम्पों की मरम्मत प्लास्टिक मुक्त गांव वाटर रिचार्जिंग सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया जायेगा